मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे पार्टी प्रेक्षक ए के एंटनी ने कल रात भोपाल में उनके नाम की घोषणा की हालांकि कांग्रेस को अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप देना है कल नईदिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के आवास पर लंबी बैठकों का दौर चला उन्होंने मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे चल रहे कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठकें की श्री गांधी ने राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ भी अलग अलग बैठकें कीं कमलनाथ शपथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ प्रदेश के नये मुख्यमंत्री होंगे कल शाम भोपाल में विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगाई गई विधायक दल की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और वरिष्ठ नेता एकेएन्टोनी ने बताया कि श्री नाथ को विधायक दल का नेता मनोनीत किया गया है बाद में सांसद ज्योतिरादित्य ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा जिसे विधायकों ने सर्वसम्मत से अनुमोदित कर दिया श्री नाथ आज सुबह साढ़े दस बजे राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात कर विधायक दल के नेता चुने जाने की जानकारी देंगे वे राज्यपाल से शपथग्रहण की तारीख पर भी चर्चा करेंगे विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री नाथ ने कहा कि यह प्रदेश के लिए नई इतिहास की शुरूआत है उन्होंने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार जनता से किये गये कर्जमाफी सहित दूसरे वादों को पूरा करेगी

रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की बैठक आज नये गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में होगी बैठक में मुख्य रूप से बैंक की निर्णय प्रक्रिया में केन्द्रीय बोर्ड की भूमिका पर चर्चा होने की आशा है पिछली बैठक में लिये गये क्छ फैसलों की प्रगति की भी समीक्षा की जा सकती है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा श्री दास ने रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभालने के तुरन्त बाद कहा था कि वे इस महान संस्था की स्वायत्तता और विश्वसनीयता बनाये रखने का प्रयास करेंगे उन्होंने कहा कि सरकार सहित प्रत्येव पक्ष के साथ सलाह मशविरा किया जायेगा नये गवर्नर ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक सभी कदम समयबद्व रूप से उठाये जायेंगे

इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के जनप्रतिनिधि भाग लेंगे नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद संवाददाताओं को उसकी जानकारी देते हुए पार्टी महासचिव भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक कर राष्ट्रीय परिषद की बैठकों की ये तारीखें तय की गई हैं

ये सम्मेलन इस साल शाक्त तंत्र एवं श्रीविद्या परंपरा पर आधारित होगा पहली बार किसी अकादमिक संस्था द्वारा शाक्त तंत्र पर आधारित इस प्रकार का वैश्विक स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है

इसमें केरल के शास्त्रीय गायक केवलम श्रीकृमार पनिक्कर अपना गायन प्रस्तुत करेंगे साथ ही बैंगलूरू की डॉ पदमजा सुरेश भरतनाट्यम प्रस्तुत करेंगी

प्रणय खरे ने यह पदक डेमोक्रेट घोड़े पर शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जित किया यह पहला अवसर है जब एफईआई वर्ल्ड चैलेन्ज जम्पिंग की बी केटेगरी में मप्र घुड़सवारी अकादमी के किसी खिलाड़ी ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया इसी स्पर्धा में अकादमी के खिलाड़ी फराज खान ने पांचवां स्थान प्राप्त किया जबकि दिल्ली में आयोजित एफई आई वर्ल्ड चैलेन्ज जम्पिंग की सी केटेगरी में प्रणय खरे को भी पांचवा स्थान प्राप्त हुआ हॉकी भुबनेश्वर में विश्वकप हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में कल शनिवार नीदरलैण्ड्स का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से और बेल्जियम का इंग्लैण्ड से होगा

मौसम वैसे तो दिसम्बर महीने में प्रदेश में तेज सर्दी पड़ने लगती थी लेकिन इस दफा ठंड की आमद में देरी हुई लगातार बदलते मौसम के बीच अब प्रदेश में तेज सर्दी पड़ने लगी है मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पड़ रही तेज सर्दी और ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ राजस्थान के पूर्वी हिस्सें में चक्रवात बन जाने से भोपाल सहित पूरे प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है

इससे तापमान सामान्य से सात डिग्री कम हो गया है

इसक अलावा रीवा शहडोल उज्जैन और ग्वालियर संभाग में तापमान सामान्य से अधिक तथा शेष संभागों के जिलों में तापमान सामान्य रहा